प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिये लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कल से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

अजमेर भीलवाड़ा जयपुर जोधपुर कोटा दयपुर ड्रंगरपुर के सागवाड़ा बांसवाड़ा को कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौडगढ़ और सिरोही के आबूरोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा

आईटी कंपनियों रेस्टोरेंट कैमिस्ट शॉप अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों विवाह संबंधी समारोहों चिकित्सा संस्थान बस स्टैण्ड रेलये स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों माल परिवहन कने वाले वाहनों तथा लोडिंग और अनलोडिंग के नियोजित व्यक्तियों को इस कर्फ्यू से पहले की तरह छूट मिलेगी मुंख्यमंत्री प्रदेश में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए हर जिले की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिलों की कार्ययोजना बनाकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाय साथ ही संक्रमण दर मृत्यु दर और ग्रोथ रेट की नियमित समीक्षा करने और सभी जिला कलक्टरों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करने को कहा है मुख्यमंत्री ने नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को भी कहा है

बाकी पात्र लोगों का टीकाकरण शीघ्र पूरा किया जायेगा राज्य में सभी जिलों में आज प्रशासन की ओर से टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया ब्रंदी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोरोना टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले को छह ब्लॉक्स में विमाजित किया गया है और ग्राम पंचायत स्तर तक सभी विभागों को मिलाकर संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई हैं

हालांकि कई राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ रही है

आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया इस नीति से महिला और बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने में सहायक होगी

यह स्कीम प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर इसका लाभ दिया जायेगा

डॉ शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों लघ् और सीमांत किसानों को मुफ्त चिकित्सा सुविधो का लाभ मिल पायेगा

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीयी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते है

तीनों निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के तीन किलोमीटर परिधी में ये आदेश लागू होंगे इस बीच आज उप चुनावों के लिये भरे गये नामांकन पत्रों की जांच की गई

बढ़ते गर्मी के असर से अब सडकें सुनी नजर आने लगी है इसी बीच कई स्थानों पर आज भी आंधी और तेज हवाओं का असर देखने को मिला

मौसम विभाग ने आगामी दो तीन दिनों में गर्मी का असर और तेज होने की संभावना व्यक्त की है

पुलिस आयुक्त आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि यह परीक्षा राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में होगी

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये हल्पलाइन पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कार्यालय स्तर पर शुरू की जायेगी जो चौबीसों घंटे काम करेगी